राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है सरकार की ज़िम्मेदारी राष्ट्रपति आज कानपुर में कई कार्यक्रमों में करेंगे भागीदारी किसान सम्मान निधि योजना कल से हुई शुरू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गोरखपुर से किसानों के बैंक खातों में बीस हजार करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि की पहली किस्त को किया हस्तांतरित

इससे राष्ट्र की रक्षा का संकल्प और अधिक मजबूत होगा आकाशवाणी से प्रसारित मासिक कार्यक्रम मन की बात की तिरपनवीं कड़ी में कल श्री मोदी ने कहा कि मॉ भारती की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर सपूतों को नमन करता हूँ आतंकी हमले में वीर जवानों की शहादत के बाद देशभर में लोगों को और लोगों के मन में आघात और आक्रोश है शहीदों और उनके परिवारों के प्रति चारों तरफ संवेदनायें उमड़ पड़ी हैं इस आतंकी हिंसा के विरोध में जो आवेग आपके और मेरे मन में है वही भाव हर देशवासी के अंतर्मन में हैं और मानवता में विश्वास करने वाले विश्व के भी मानवतावादी समुदायों में है भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले देश के सभी वीर सपूतों को मैं नमन करता हूँ प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद की चुनौती से निर्णायक मुकाबले के लिए दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है देश के सामने आयी इस चुनौती का सामना हम सबको जातिवाद सम्प्रदायवाद श्वेत्रवाद और बाकी सभी मतभेदों को भुलाकर करना है ताकि आतंक के खिलाफ हमारे कदम पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो सशक्त हो और निर्णायक हो प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं का आह्वान किया कि इस दुखद घटना के बाद शहीद परिवारों ने जिस संयम प्रेरणा और राष्ट्र भावना का परिचय दिया उसे समझने और आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए मैं युवा पीढ़ी से अनुरोध करूँगा कि वो इन परिवारों ने जो जज्बा दिखाया है जो भावना दिखायी है उसको जाने समझने का प्रयास करें देशभक्ति क्या होती है त्याग तपस्या क्या होती है उसके लिए हमें इतिहास की पुरानी घटनाओं की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी आँखों के सामने ये जीते जागते उदाहरण हैं और यही उज्ज्वल भारत के भविष्य के लिए प्रेरणा का कारण है नेशनल यॉर मेमोरियल के निर्माण पर खुशी व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह स्मारक इसलिए बनाया गया है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीरों की शौर्य गाथाओं को संजो कर रखा जा सके पद्म पुरस्कारों का ज़िक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा हर वर्ष की भॉति इस बार भी इन पुरस्कारों को लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता थी सरकार ने इन पुरस्कारों के लिए ऐसे लोगों के चयन पर ध्यान केन्द्रित किया जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिमा के माध्यम से दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं गुजरात के अब्दुल गफूर खत्री का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि गफूर खत्री ने कच्छ के पारम्परिक रोगन पेन्टिंग को पुनर्जीवित करने का उल्लेखनीय काम किया है पद्म पुरस्कारों में पहली बार कृषि जगत से जुड़े बारह किसानों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया आयुष्मान भारत योजना के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से आर्थिक विपन्नता का शिकार लाखों परिवारों को फ़ायदा मिल रहा है पिछले पाँच महीनों में लगभग बारह लाख गरीब परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं मैंने पाया कि गरीब के जीवन में इससे कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है आप सब भी यदि किसी भी ऐसे गरीब व्यक्ति को जानते हैं जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं कत्ता पा रहा हो तो उसे इस योजना के बारे में अवश्य बताइये यह योजना हर ऐसे गरीब व्यक्ति के लिए ही हैं प्रधानमंत्री ने अगले कुछ हफ्तों में विभिन्न बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को भी शुभ कामनायें दीं प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले मन की बात लोकसभा चुनाव के बाद होगी

श्री कोविंद कल लखनऊ में नवनिर्मित सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल अपॅलो मेडिक्स का शुभारम्भ करने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को बेहतर चिकित्सीय स्वास्थ्य सुक्धियें उपलब्ध कराने के लिए कारगर कदम उठाये जा रहे हैं श्री कोविंद ने कहा कि प्रदेश में चार सौ सत्रह जन औषधि केन्द्र खोले गये है जिनके माध्यम से आम लोगों को सस्ते दामों में दवायें उपलब्ध हो रही हैं राष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निजी अस्पतालों की भूमिका को नज़रअन्दाज नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं श्री कोविंद आज कानपुर आयेंगे जहाँ वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने प्रैतक शहर कानपूर में सात घंटे से अधिक के प्रवास के दौरान विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे यहां पहंचने के बाद श्री कोविंद सक्से पहले रूमा क्षेत्र में स्थित डयोढ़ी घाट पर सिद्ध श्री बाला जी मंदिर जायेंगे जहां वह दर्शन प्रजन करेंगे इसके बाद वह अन्तर्राष्ट्रीय विपशना मेडिटेशन सेन्टर में धम्म कल्याण के नए ब्लॉक का लोकार्पण करेंगे राष्ट्रपति शहर में स्थित डी ए वी कॉलेज के मैदान में पहंच कर कॉलेज के शताब्दी वर्ष समारोह कार्यक्रम का श्भारम्भ करेंगे

यह वहीं प्रसिद्ध कॉलेज है जहां से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल विहारी वाजपेयी जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी राष्ट्रपति शाम को बी एम एस डी इंटर कॉलेज और शिक्षा निकेतन के पूर्व छात्र सम्मेलन तथा वार्षिकोत्सव समारोह में भी शामिल होंगे एम एस यादव आकाशवाणी समाचार कानपुर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल गोरखपुर में केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की श्रूआत की श्री मोदी ने इलेक्ट्रानिक बटन दबाकर दो हज़ार रूपये से अधिक की धनराशि प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगभग बीस हज़ार करोड़ रूपये देश के इक्कीस राज्यों और तीन केन्द्रशासित क्षेत्रों के एक करोड़ से अधिक छोटे और सीमान्त किसानों के खातों में पहली किस्त हस्तानान्तरित की इस योजना की शुरूआत को देश के इतिहास में ऐतिहासिक क्षण करार देते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद जय जवान जय किसान का विचार ने पहली बार वास्तविकता का रूप धारण किया है

आजादी के बाद किसानों से जूड़ी यह सबसे बड़ी योजना है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती केन्द्र सरकारों ने किसानों से सम्बन्धित प्रभावी कदम नहीं उठाये लेकिन एनडीए सरकार ने देश के किसानों की छोटी छोटी समस्याओं के समाधान की दिशा में कारगर कदम उठाये हैं विपक्ष पर प्रहार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्हॉने कर्जमाफ़ी के नाम पर सिर्फ किसानों को भ्रमित करने का काम किया है और विपक्षी दलों को किसान चुनाव के नज़दीक आने पर ही याद आता रहा है श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने दस वर्ष के कार्यकाल में केवल बावन हज़ार करोड़ रूपये का किसानों का कर्ज माफ किया है जबकि प्रघानमंत्री किसान योजना दस वर्षो में साढ़े सात लाख करोड़ रूपये किसानों को देगी और इससे देश के लगभग नबे फ़ीसद किसानों को लाभ पहुंचेगा पीएम किसान योजना से देश के बारह करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित हॉगे जिसमें से दो करोड़ से अधिक किसानों का सम्बन्ध प्रदेश से है

यह योजना समी पात्र लाभार्थियों के लिए पहली दिसम्बर दो हजार अद्वारह से लागू मानी जायेगी प्रधानमंत्री ने कृष्ठ चयनित किसानों को प्रमाण पत्र दिये और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये कई राज्यों के किसानों से संवाद भी किया उधर कल ही प्रयागराज में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता और सुरक्षा कर्मियों के लिए इक्यावन करोड़ रूपये के स्वच्छ सेवा सम्मान कोष की घोषणा की उन्होनें कहा कि इस कोष से स्वच्छता और सुरक्षा कर्मियों को शिक्षा स्वास्थ्य सहित अन्य ज़रूरतों के लिए आर्थिक मद्द हासिल होगी कुम्म में सफाई का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस विश्व स्तरीय आयोजन में बीस करोड़ लोगों की मौजूदगी के बाद भी मेला क्षेत्र को साफ सुथरा रखना वाकई चुनौतीपूर्ण है उन्होने कहा कि महात्मा गांधी की एक सौ पचासवी जयंती पर स्वच्छ कुम्भ का आयोजन सराहनीय है प्रधानमंत्री ने पाँच सफाई कर्मियों के चरण धोकर उनका सम्मान किया